मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली से प्रदेश में अभियान की करेंगे शुरूआत

टीकाकरण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह साढे दस बजे वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए विश्व के सबसे बडे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे इस अभियान के दौरान समूचे देश में कोरोना से बचाव के टीके लगाए जाएंगे सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में तीन हजार से अधिक टीका केन्द्र वर्च्अल उदघाटन कार्यक्रम से जुडेंगे अभियान के पहले दिन प्रत्येक केन्द्र पर करीब सौ लाभार्थियों को टीके दिए जाएंगे अभियान के पहले चरण में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों और समेकित बाल विकास सेवाओं से संबंधित कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाएंगे कोविड महामारी टीकाकरण अभियान और को विन सॉफ्टवेयर से संबंधित सवालों का उत्तर प्राप्त करने के लिए चौबीस घंटे सातों दिन काम करने वाली हेल्पलाइन एक शून्य सात पांच भी कायम की गई है राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान कल से शुरू हो गया प्रदेश में इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है श्रीराम मंदिर निर्माण में एक ईंट हमारे परिवार की भी लगेगी अयोध्या में राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है

इसके लिये व्यापक तैयारियां की गई हैं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली जिले के ट्रामा सेंटर से टीकाकरण महाअभियान में भाग लेंगे भोपाल में जेपी अस्पताल के सुरक्षाकर्मी हरिदेव टीका प्राप्त करने वाले प्रदेश के पहले व्यक्ति होंगे

अपनी ख्शी जाहिर करते हए हरिदेव ने कहा कि वे खुश हैं और यह खुशी दोगुनी होगी जब उन्हें प्रधानमंत्री से बात करने का अवसर मिलेगा

सीएम मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के लिये वित्तीय संसाधन और अन्य योजनाओं के संबंध में अपनी मांग रखी केन्द्रीय वित्तीमंत्री निर्मला सीतारमण से मुख्यमंत्री ने वित्तीय प्रबंधन और केन्द्रीय योजनाओं से जुड़े मुददों पर चर्चा की

जिससे वित्तीय संकट और कोविड काल के समय विकास कार्य की गति पर विपरीप प्रभाव न पड़े केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिये प्रदेश की सराहना की

वहीं कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से समर्थन मूल्य पर खरीदे गये गेहूं के उठाव में सहयोग की मांग की कौशल विकास प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कल देश के छह सौ जिलों में शुरू हुआ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस चरण में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड से संबंधित कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कौशल विकास केंद्रो के विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत की

पिछले महीने तक कार्य की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रदेश ने मिशन के अंतर्गत पहली तीन तिमाही में शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है

बर्ड फुल् प्रदेश के हरदा जिले के रेहटगांव में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है एक पोल्ट्री में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि होने के बाद एक किलो मीटर के दायरे में कुक्कुट कलिंग अण्डा चारा दाना आदि नष्ट करने के निर्देश दिये गए प्रभावित स्थल से नौ किलो मीटर तक की परिधी में नमूने लेने की कार्रवाई भी शुरू की गई भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने हरदा बुरहानपुर राजगढ़ डिण्डौरी छिंदवाड़ा मण्डला सागर धार और सतना में भी कौओं में बर्ड फ़लू की पुष्टि की है

पशु मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने प्रभावित जिलों से केन्द्र के निर्देश के अनुसार रोकथाम और नियंत्रण के उपाय करने को कहा है

उमरिया जबलपुर सिवनी खजुराहो नौगांव और रायसेन में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित रहा प्रदेश में सबसे कम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस उमरिया और खजुराहों में दर्ज किया गया मौसम विभाग ने आज चंबल संभाग के जिलों के अलावा छतरपुर टीकमगढ ग्वालियर और दतिया में कोहरा छाये रहने की संभावना जताई है कई जिलों में शीतलहर का असर भी बना रहेगा